प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार नडडा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं बिलासपुर के चौधरी श्रवण कुमार कृषि विज्ञान केन्द्र बरठी में आज प्रगतिशील किसान व वैज्ञानिक सलाहकार बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि किसानों को आ रही कठिनाईयों और कृषि की दशा बेहतर करने के लिए प्राप्त सुझावों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को सौंपी जाएगीं इन समस्याओं के निवारण के लिए प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उचित कदम उठाने का आग्रह किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक सलाहकारों द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि विद्यालय मददगार बन सकते हैं इस मौके विधायक जेआर कटवाल राजेन्द्र गर्ग और सुभाष ठाकुर ने किसानों से चर्चा की इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने कृषि विज्ञान केन्द्र मंडी का भी निरीक्षण किया और किसानों को अत्याध्रनिक कृषि की क्रांति से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने पर चर्चा की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सभी शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों में गुणात्मक अधोसंरचना प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है मण्डी जिले के दौरे के दौरान आज सिराज विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गाड़ागुसैणी में विज्ञान प्रयोगशाला भवन की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यभार सम्भालने के बाद से सरकार ने हर वर्ग की भलाई के लिए कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं लागू की हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि गाड़ागुसैणी को ईको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा उन्होंने लोगों से सहयोग देने का आग्रह किया ताकि राज्य के विकास में गति लाई जा सके

जयराम ठाकुर ने क्षेत्र की एक माध्यमिक और दो प्राथमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की बाद में उन्होंने भूमासी देवता मंदिर गाड़ागुसैणी का दौरा किया और पूजा अर्चना की इस बीच मुख्यमंत्री ने बागड़ाथाच में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस मौके वनमंत्री गोबिंद ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा विधायक सुरेन्द्र शौरी और इन्द्र सिंह गांधी सहित मुख्यमंत्री की पत्नी साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं

सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फंगवास और राजकीय उच्च पाठशाला फगवाओ में नवनिर्मित स्कूल भवनों का लोकार्पण किया

सुरेश भारद्वाज ने चाम्बी में सराय मवन का उदघाटन भी किया मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार स्पिति घाटी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है उन्होंने स्पिति दौरे के चौथे दिन आज कुलिंग हल पांगमो हंसा क्यामो और लोसर में जनसमस्याएं सुंनने के बाद ये बात कही मारकंडा ने हंसा में प्राथमिक व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं का निरीक्षण भी किया इस मौके उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बच्चों के शिक्षा के अलावा उनकी खेलकूद गतिविधियों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए है ताकि विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास हो सके अनिल शर्मा किन्नौर जिला कल्याण समिति की बैठक उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने की अध्यक्षता में आज जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में हुई उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र को लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है

अनिल शर्मा ने जिले के रारंग में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय गुरू सांज्ञस पर्व के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की उन्होंने कहा कि गुरू पदम सम्भव जयन्ती पर आयोजित ये पर्व पुण्य और ज्ञान वृद्धि का माध्यम है

सैजल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कौरवों और पांडवों के समय से खेले जाने वाले ऐतिहासिक ठोड़ा खेल को लुप्त नहीं होने दिया जाएगा शूलिनी मेले में दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजीव सैजल ने बताया कि इस खेल को बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस खेल के माध्यम से हम अपनी पौराणिक संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं मेले के दूसरे दिन आज ठोडा और कबड्डी सहित अनेक खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार में मेले व त्यौहार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनजातीय जिला लाहौल स्पिति किन्नौर व चम्बा जिला के पांगी व भरमौर क्षेत्रों में बीएसएनएल की सेवाओं को लेकर मौजूदा स्थिति के बारे में निगम को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए है न्यायालय ने निगम को इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुधारने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को भी कहा है न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए अदालत ने मुख्य महा डाकपाल शिमला को भी जनजातीय क्षेत्रों में डाक सेवाओं की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए है

ऊना जिला के बंगाणा में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर की अध्यक्षता में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक बलवीर चौधरी ने भी डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए इस अवसर पर वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को लेकर आंदालनरत्त रहे और देश की एकता व अखण्डता के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया लिट फैस्ट शिमला के गेयटी थियेटर में शिमला इंटरनेशनल लिटरेचर फैस्टिवल आज शुरू हुआ इसका शुभारम्भ सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने किया

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि विविध सुझाव और विचारों ने कार्यक्रम को और समृद्ध किया है छेषु लाहौल स्पिति जिला में केलंग के समीप शाषुर गोम्पा में धार्मिक उत्सव छेषु धूमधाम से मनाया गया इस दौरान लामाओं ने पारम्परिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच विशेष पूजा अर्चना की और मुखौटों व रंग बिरंगें परिघानों में छम्म नृत्य किया लायुल महाबौद्वी सभा के महा सचिव नवांग उपासक ने बताया कि ये उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है ऑलम्पिक दौड़ मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला के रिज मैदान पर आज अंतर्राष्ट्रीय ऑलम्पिक दिवस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद प्रदेश ने खेलों में बड़ा नाम कमाया है उन्होंने कहा कि राज्य के उभरते खिलाड़ियों के लिए हर सम्मव सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकें खेल मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे भुकम्प चम्बा जिला में आज भूकम्प के हल्के झटके महसूस किए गए

हालांकि भूकम्प से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नही है

प्रशिक्षण प्राकृतिक आपदा के समय राहत व बचाव कार्यों के बारे एनसीसी और एनएसएस के सदस्यों को जागरूक करने के लिए आज शिमला में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया शिमला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उपनिदेशक उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में खोज और बचाव की तकनीकों में दक्ष करना है इससे आपदा के समय नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है